मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल किया गोरखपुर एम्स का निरीक्षण कहा सरकार जनता को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्प प्रदेश में कई स्थानों पर पिछले छत्तीस घंटे से लगातार हो रही बारिश से तापमान में गिरावट मौसम विभाग ने अगले दो तीन दिनों तक इसी तरह का मौसम रहने का जारी किया पूर्वानुमान

अधिवेशन की कार्यवाही भारतीय समय के अनुसार शाम साढ़े छः बजे शुरू होगी प्रधानमंत्री श्री मोदी के शाम आठ बजे से नौ बजे के बीच सत्र को सम्बोधित करने की आशा है विशेषज्ञों का मानना है कि प्रधानमंत्री के सम्बोधन में पाकिस्तान से चलाए जा रहे आतंकवाद के अलावा वैश्विक स्तर पर आतंकवाद से निपटने की एकजुट कार्यवाही का विशेष रूप से उल्लेख होगा संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थाई प्रतिनिधि सैयद अकबरूद्दीन ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र में भारत का प्रधिनित्व ठोस और प्रभावी परिणार्मो के रूप में सामने आएगा न्यूयार्क से हमारे विशेष संवाददाता अतुल तिवारी की रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर प्रधानमंत्री के संबोधन को लेकर भी काफी उत्सुकता बनी हुई है

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कल न्यूयार्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र से अलग ईरान के राष्ट्रपति हसन रूहानी से मुलाकात की दोनों नेताओं ने ट्विपक्षीय सम्बंधों तथा परस्पर हित के क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श किया प्रधानमंत्री श्री मोदी ने खाड़ी क्षेत्र में शक्ति सुरक्षा और स्थिरता के लिए कूटनीति संवाद और विश्वास की बहाली की भारत की प्राथमिकता दोहराई विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने बताया कि दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय सहयोग और क्षेत्रीय स्थिति पर बातचीत हुई दोनों देशों के बीच प्राचीन सम्बंधों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी और राष्ट्रपति रूहानी ने दो हजार पन्द्रह में रूस के ऊफा में अपनी पहली बैठक के बाद से ट्विपक्षीय सम्बंधों की समीक्षा की दोनों नेताओं के अफगानिस्तान और मध्य एशियाई क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण चाबहार बंदरगाह के संचालन पर विशेष रूप से बातचीत की दोनों देशों के बीच राजनयिक सम्बंधों की स्थापना की सत्तरवीं वर्षगांठ दो हजार बीस में मनाने पर सहमति हुई इस दौरान दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर हस्ताक्षर हुए इसके बाद भारत ईरान और अफगानिस्तान में चाबहार बंदरगाह के जरिए तीनों देशों तक वस्तुओं के पारगमन सम्बंधी समझौतों पर हस्ताक्षर किए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा है कि भारत सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रतिबद्व है और इसके लिए विज्ञान और प्रौदयोगिकी मुख्य जरिया हैं उन्होंने कहा कि विज्ञान और प्रौदयोगिकी को इस लक्ष्य को प्राप्त करने और विकास को बढ़ावा देने में समाज की मदद करनी चाहिए श्री कोविंद ने कल वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद सीएसआईआर के स्थापना दिवस पर स्कूली बच्चों के लिए सीएसआईआर युवा वैज्ञानिक पुरस्कार और सीएसआईआर नवाचार पुरस्कार प्रदान करते हुए ये विचार व्यक्त किए राष्ट्रपति ने कहा कि जब तक बालिकाओं को समान अवसर नहीं मिलेंगे देश की कोई भी उपलब्धि लाभदायक नहीं कही जा सकती है केन्द्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों में नकदी कोई समस्या नहीं है उन्हॉने कहा कि वास्तव में उनके पास अधिक नकदी पहुंच रही है ये कल नई दिल्ली में निजी क्षेत्र के बैंकों और लघू वित्तीय संस्थानों के साथ बैठक के बाद मीडिया से बात कर रही थीं श्रीमती सीतारामन ने कहा कि सघन आबादी वाले ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत लघ् वित्तीय इकाईयों ने बताया है कि वहां अब भी कर्ज की मांग है और उन्हें उपलब्ध भी कराया जा रहा है उन्होंने कहा कि यह एक सकारात्मक उपलब्धि है इस अवसर पर वित्त सविव राजीव कुमार ने कहा कि निजी क्षेत्र के बैंक चार सौ जिलों में ऋण उपलब्ध कराने के अमियान में शामिल होंगे उन्होंने कहा कि इस अभियान का पहला चरण दो सौ पचास जिलों में तीन अक्तूबर से सात अक्तूबर तक चलाया जाएगा प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि राज्य और केन्द्र सरकार जनता को उत्कृष्ट स्वास्थ्य सुविधाएं मुहैय्या कराने के लिए कृत संकल्प है मुख्यमंत्री श्री योगी कल एम्स का निरीक्षण करने गोरखपुर पहंचे उन्होंने कहा कि देशभर में निर्माणधीन छ एम्स संस्थानों में गोरखपुर एम्स का निर्माण सबसे तेजी से हो रहा है मुख्यमंत्री ने एम्स में ओ पी डी शुरू होने पर प्रसन्नता व्यक्त की साथ ही उन्होंने कहा कि गोरखपुर एम्स में अनी तक दो लाख उन्हत्तर हजार से अधिक रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं बीते दो वर्षो में सात नए मेडिकल कॉलेज शुरू किए गये हैं अगले वर्ष आठ नए मेडिकल कॉलेज में कक्षाएं शुरू की जायेंगी मुख्यमंत्री ने कहा कि इसके अलावा चौदह नए मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव भी मेजा गया है मुख्यमंत्री श्री योगी ने कहा कि संवेदनशील होना ही डॉक्टर की सबसे बड़ी आवश्यकता है डॉक्टरो की पढ़ाई के लिए सरकार पैसा खर्च कर रही है वेहतर इन्फ्रास्ट्रक्वर दे रही है इसलिए छात्रों को पढ़ाई पूरी करने के पूरी संवेदना के साथ जनता की सेवा करनी चाहिए श्री योगी ने इन्सेफेलाइटिस जैसी बीमारी पर नियंत्रण पाने का श्रेय सी एच सी और पी एच सी सहित जिला अस्पतालों में सुविधाओं में बढ़ोत्तरी को दिया उन्होंने कहा कि डॉक्टर नर्सिंग स्टाफ आदि को प्रशिक्षण दिया गया ताकि प्रारम्भिक स्तर पर ही इस बीमारी से निपटा जा सके जिसका परिणाम है कि आज इन्सेफेलाइटिस को काबू में लाया जा सका है उच्चतम न्यायालय ने अयोध्या भूमि विवाद मामले में सभी पक्षों से दलीलें पूरी करने के लिए समय सीमा निश्चित करने को कहा है क्योंकि सुनवाई अट्ठारह अक्तूबर तक पूरी की जानी है शीर्ष न्यायालय ने मुस्लिम पक्षों से कहा कि वे भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण रिपोर्ट एएसआई पर अपनी बहस जल्द ही पूरी कर लें न्यायालय ने कहा कि अक्तूबर में छुट्टियां पड़ रही हैं और चार हिन्दु पक्षों के केवल एक अधिवक्ता को प्रत्युत्तर पेश करने की अनुमति दी जाएगी इस बीच मुस्लिम पक्ष ने कल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की दो हजार तीन की रिपोर्ट पर यूटर्न लिया और न्यायालय से उसका समय बर्बाद करने के लिए माफी मांगी उनके वकील ने कहा कि ये एएसआई की रिपोर्ट के सारांश को चुनौती नहीं देना चाहते मुस्लिम पक्ष के वकील ने कल एएसआई की रिपोर्ट पर सवाल उठाते हुए कहा था कि इसके हर अध्याय का एक लेखक है परन्तु सारांश बनाने वाले का नाम नहीं दिया गया है हमीरपुर सदर विधानसभा उप चुनाव की मतगणना आज सुबह सात बजे से शुरू हो गई है इसके लिये सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है हमीरपुर सदर विधानसभा की रिक्त सीट पर गत तेईस सितम्बर को मतदान कराया गया था यह सीट भाजपा विधायक अशोक सिंह चन्देल को अदालत द्वारा आयोग्य ठहराये जाने के बाद रिक्त हुई थी भाजपा बसपा सपा और कांग्रेस सहित विभिन्न राजनीतिक दलों के नौं उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं प्रदेश में कई स्थानों पर पिछले छत्तीस घंटो से हो रही लगातार वर्षा से कुछ स्थानों पर जलभराव होने से लोगों की दिनचर्या प्रमावित हुई है लखनऊ गारेखपुर कुशीनगर हमीरपुर सिद्दार्थनगर मिर्जापुर आजमगढ़ कन्नौज भदोही जौनपुर और कौशाम्बी में लगातार हो रही रिमझिम वर्षा का क्रम जारी है

सुशील चन्द्र तिवारी आकाशवाणी समाचार लखनऊ कृषि वैज्ञानिकों ने इस वर्षा को धान की फसल के लिये उपयोगी बताया है मौसम विभाग ने अभी दो तीन दिन तक इसी तरह का मौसम और रूक रूक का वर्षा होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया है वर्षा के कारण तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है प्रदेश सरकार द्वारा महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयन्ती के समापन समारोह के अवसर पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है